झारखंड विधानसभा का तीन दिवसीय मॉनसून सत्र अठारह सितंबर से शुरू होगा

झारखंड में कोरोना से संक्रमण की वजह से मौतों की दर में कमी आई राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राज्य में मरीजों की मृत्यु दर आधी है राष्ट्रीय मृत्यु दर जहां एक दशमलव आठ पांच है वहीं राज्य में मृत्यु दर महज शुन्य दशमलव नौ पांच है राज्य में कोरोना से मरीजों की मौत की दर में कमी पिछले चार दिनों में आई है झारखण्ड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार पांच सौ सतासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

राज्यभर में कल छह कोरोना संक्रमितों की मौत हो गयी इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर चार सौ चौवालीस हो गयी है

अबतक कोरोना से कुल तीस हजार आठ सौ छियासी लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रीय टीम के आज दोपहर बाद पहुंचने की संभावना है टीम राज्य में कोरोना से बचाव को लेकर किये गये कार्यो की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के टीम के साथ बैठक कर सकती है

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को विनिर्माण केन्द्र में बदलना है कल शाम भारत अमरीका कार्यनीतिक साझेदारी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक हित ही उसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोविड संकट ने मानव केन्द्रित विकास की आवश्यकता सामने रखी है उन्होंने कहा कि इस महामारी ने पूरी दुनिया के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने का निर्णय न केवल लागत पर बल्कि भरोसे पर आधारित होना चाहिये प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विविध अवसर उपलब्ध हैं ये अवसर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में हैं हाल में जो क्षेत्र खोले गये हैं उनमें कोयला खनन रेलवे रक्षा अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आर्थिक सुधार प्रकिया जारी है और हाल के महीनों में दूरगामी सुधार किये गये हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा को झारखंड के साथ जोड़ा गया है इस क्रम में बहुत सी गतिविधियां शुरू हो गई हैं लॉकडाउन के दौरान इन कार्यक्रमों की गति धीमी रही और कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से सम्पन्न किया गया गोवा के लोक कलाकारों के समूह ने झारखंड में आकर गोवा के जागर धालो और अन्य नृत्य पेश किये हैं इस बीच मार्च में कोविड के तहत लॉकडाउन शुरू होने पर इन कार्यक्रमों में थोडी सी रूकावट आई इस कारण वर्चचुअल स्तर पर हाल ही में अन्य कार्यक्रम शुरू हुए हैं हाल में आयोजित एक वेबिनार में गोवा और झारखंड के लेखक शामिल हुए और दोनों राज्यों में हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गोवा के लेखक विवेक मेनेजिस ने कहा कि झारखंड के कई मजदूर गोवा में हैं और उन्होंने अर्थव्यवस्था सशक्त रखने में योगदान दिया ऐसे ही कार्यक्रम और वेबिनार भविष्य में आयोजित किए जाएंगे कोरोना संक्रमण के दौर में आर्थिक तंगी झेल रहे कलाकारों को राज्य सरकार मदद करेगी कला संस्कृति विभाग की तरफ से एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी इसके साथ ही विशेष अवसरों पर जिला मुख्यालयों में ऑनलाइन कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे इस संबध में विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि कला संस्कृति विभाग ने कलाकारों का बकाया भ्गतान भी स्वीकृत किया जाएगा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अठारह सितंबर से विधानसभा का तीन दिवसीय मॉनसून सत्र शुरू करने की मंजूरी दी है इस संबध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है अठारह सिंतबर को प्रत्यापित अध्यादेशों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाएगी

केन्द्र सरकार ने पुराने निजी और व्यवसायिक चार पहिया वाहनों के लिए जनवरी दो हजार इककीस से फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है नए वर्ष में पुराने वाहनों का फास्टैग के बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जाएगा इसके बगैर कार ट्रक और बस का बीमा नहीं होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबध में सुझाव और आपति ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है कोरोना संक्रमण रोकने के नाम पर पुलिस वाहन चालकों से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूल रही है इस संबध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मेंत्रालय ने सपष्ट कहा है कि अकेले बैठकर कार चलाने वाले व्यक्ति के लिए मास्क पहनने के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अकेले साईकिल चलाने वाले व्यक्ति के लिए मास्क पहनने के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है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

हर दिन पचास फीसदी शिक्षक स्कूल आएंगे और विधार्थियों को विषयवार सलाह देंगे इसके लिए छात्रों को अभिभावकों से सहमति पत्र लाना अनिवार्य होगा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है इस संबध में तैयार किया गया प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा

मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में औसतन चालीस फीसदी की कटौती की जाएगी शिक्षकों की टीम ने विषयवार पाठ्यक्रम छोटा करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया है गणित और विज्ञान विषय के पाठयक्रम में पैंतालीस फीसदी तथा हिन्दी और अंग्रेजी विषय में पैंतीस फीसदी कटौती की गई है इस संबध में आज कमिटि की होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा इसके साथ ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी माह में ली जाएंगी पारा शिक्षक अब साठ वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे इस संबंध में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कल पारा शिक्षकों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी इसके तहत पारा शिक्षकों को पांच हजार दो सौ से बीस हजार रूपये वेतनमान दिया जाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को नया वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले तेरह हजार पारा शिक्षक हैं अन्य शिक्षकों के लिए परीक्षा के स्वरूप पर विधि विभाग से राय ली जाएगी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित बोकारो के राम रूद्र प्लस टू उच्च विद्यालय चास की शिक्षिका डॉ निरुपमा कुमारी का मानना है कि एक शिक्षक की सफलता उसके विद्यार्थियों के सफलता पर निर्भर करता है वहीं शिक्षक को प्रत्येक दिन कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है प्रत्येक विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है

शिक्षिका सविता लकड़ा ने कहा कि डॉक्टर निरुपमा का पढ़ाने का तरीका अन्य शिक्षकों से बिल्कुल अलग है

यह व्यवस्था कल से पूरे राज्य में लागू की जाएगी इसके साथ ही स्टाम्प की खरीद में स्टाम्प वेंडर की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी इस संबध में जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया है कि नई व्यवस्था लागू होने पर लोग घर बैठे स्टाम्प खरीद सकेंगे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को मुख्य संरक्षक बनाया है इस संबध में जेएससीए के सचिव संजय सहाय ने बताया कि मुख्यमंत्री के खेलों के प्रति प्रेम को देखते हुए यह पद दिया गया है मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार को आजीवन सदस्य बनाया गया है लोहरदगा जिला के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है

घटना का कारण घरेलू विवाद बताया गया है परिजनों का कहना है कि महिला ने अपनी बहू के साथ विवाद के बाद बेटियों को लेकर तालाब में ड्रबकर आत्महत्या कर ली

खूंटी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है तपकरा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोपहिया वाहन पर सवार होकर तीन अपराधी किसी अपराधिक ्रिक को अंजाम देने के लिए कमड़ा मोड़ से तपकरा की ओर जा रहे हैं इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू की इस क्रम में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया